एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति चुने गए प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने नवनिर्वाचित उपसभापति को बधाई दी कांवड़ मेला सम्पन्न होने के मौके पर आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही मुलाकात मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर राज्य हित से जुड़े मुददों पर चर्चा की

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक बनावट के कारण यहां विकास कार्यों को लागू करने में परेशानियां आती हैं

राज्य के बड़े वन क्षेत्र की जानकारी देते हुए उन्होंने श्री मोदी से प्रदेश द्वारा प्रदान की जा रही पर्यावरणीय सेवाओं को नेशनल एकांउटिंग सिस्टम में शामिल करने का अनुरोध भी किया

इस दौरान श्री रावत ने प्रधानमंत्री से गौरीकृण्ड केदारनाथ रोपवे को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र टिहरी में खोले जाने का भी अनुरोध किया मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में पत्र सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया

इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के लिए अपनी स्वीकृति दी

उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद को हराया

सभापति एम वेंकैया नायड़ ने मेजों की थपथपाहट के बीच चुनाव परिणाम की घोषणा की बाद में सदन के नेता अरूण जेटली और संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने उन्हें उनके आसन पर बिठाया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी है इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पत्रकार के रूप में श्री हरिवंश ने सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद जताई कि श्री हरिवंश बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव तणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और विभन्न दलों के नेताओं ने भी श्री हरिवंश को बधाई दी डिजिटल प्रदेश में वाहन चालक अब अपने वाहन के सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रख सकते हैं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रलाय ने वाहन के सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रखने की अनुमति दे दी है पुलिस उपमहानिरीक्षक केवल खुराना ने जिला प्रशासन को कहा है कि उनके क्षेत्र में जब से ई चालान मशीनों का उपयोग शुरू हो जाए उसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने सभी वैध कागजात डिजि लॉकर या एम परिवहन से मांगे जाने पर दिखा सकता है

यह आंदोलन मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ था आज का दिन हर वर्ष अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को याद किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अगस्त क्रांति आंदोलन आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण पड़ाव था इस मौके पर आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए सॉयल हेल्थ कार्ड केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी सॉयल हेल्थ कार्ड योजना ऊधमसिंह नगर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है किसान अपनी भूमि की मिट्टी की जांच कराकर उसके अनुरूप उर्वरक का कम उपयोग करते हुए ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की पैदावार कर रहे हैं इससे किसानों की आय दोगुनी करने के केन्द्र सरकार के लक्ष्य को भी मदद मिल रही है किसान अपने खेतों की मिट्टी के नमूने जांच के लिए भूमि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हैं जांच के बाद मिट्टी के पोषक तत्वों के संबंध में किसानों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है

यह योजना किसानों के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है इससे उर्वरकों के असंतुलित उपयोग जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर कॉपर आदि की मात्रा में आ रही कमी की जानकारी मिल पाती है ऐसी स्थिति में यह योजना मृदा परीक्षण के संदर्भ में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है

इस मौके पर आज हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही कांवड मेले के संपन्न होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्दालुओं ने यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया मान्यता है कि पूरे सावन के महीने में भगवान शिव अपने संसुराल यानी कनखल में ही निवास करते हैं

मौसम उत्तरकाशी जिले में कल रात हुई भारी बारिश के कारण धराली बाजार के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरूद्व हो गया है इस क्षेत्र के मकानों और दुकानों में बारिश का पानी घुसने से जन जीवन प्रभावित हुआ है वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी पिछले कुछ दिनों से डाबरकोट के समीप अवरूद्ध है हालांकि श्रद्दालु वैकल्पिक मार्ग से यमुनोत्री के लिए आवाजाही कर रहे हैं उधर नैनीताल में भालूगाड़ के एक वॉटर फॉल में कल शाम दो पर्यटक डूब गए जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है जबकि एक की खोजबीन जारी है

बैठक चमोली में किए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें तय समय के भीतर पूरा करने को कहा गया है क्लेक्ट्रेट सभागार में आज विभिन्न विभागों की समीक्षा लेते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि अधिकारी विभागीय योजनाओं के तहत किये जाने वाले कामों को मनरेगा के साथ जोड़ने का प्रयास करें

सीमांत क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत संचालित कार्यो की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने क्लस्टर आधारित कृषि को बढावा देने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये उन्होंने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को इनका लाभ मिल सके कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में ऊर्जा पर्यटन जैविक उत्पादन के क्षेत्र मे अनेक सम्भावनायें हैं उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड संभावनाओं का प्रदेश है और यहां का नैसंर्गिक सौन्दर्य और आध्यात्म हमारी विरासत है देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी अक्टूबर के महीने में देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जायेगा इस समिट में राज्य में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूंजी निवेश के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के बडे शहरों के साथ ही विदेशों मे भी रोड शो किये जा रहे हैं श्री रावत ने बताया कि उत्तराखण्ड देश का दूसरा राज्य है जहां पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है